राज्यसभा ने कल इस विधेयक को मंजूरी दे दी लोकसभा में इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया गया था विधेयक में तीन तलाक को अमान्य और अवैध घोषित करने और इसे संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान किया है इसमें तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से यह संभव हआ है उन्होंने कहा कि यह देश को बदलने की श्रूआत है और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्वता को दर्शाता है औद्योगिक इकाई प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा तय समय सीमा में कार्य किया जाएगा मुख्यमंत्री कल शिमला में उत्तराखण्ड राज्य के एकल खिड़की स्वीकृति प्राधिकरण पर दी गई प्रस्तुती के बाद बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में औद्योगिक इकाइयों के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की सराहना भी की

प्रेम चंद की कहानियां समाज के सच्च से सामना कराती हैं साथ ही सत्य न्याय और निष्ठा की महत्ता रेखांकित करती हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी अभाव और शोषण के खिलाफ आवाज मुखर की मुंशी प्रेम चंद की रचनाओं में निहीत संदेश आज भी प्रासंगिक हैं मुंशी प्रेम चंद की जयंती पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रवेश प्रदेश विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए दो वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश केवल ऑनलाईन ही होगा विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थी केवल कॉलेज अलॉटमेंट पत्र में दर्शाई गई फीस को ऑनलाईन जमा करवाएं नलवाडु मेला राज्य सरकार ने मंडी जिले में थ्रनाग क्षेत्र के लम्बाथाच नलवाड़ी मेले को तत्काल प्रभाव से ज़िलास्तरीय घोषित किया है इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है मौसम मानसून की सक्रियता से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बीती रात से रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है मंडी कुल्लू शिमला और सिरमौर जिलों में भूस्खलन से अनेक सड़कें बंद पड़ी हैं और किसानों व बागवानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बरसात से हुए नुक्सान तथा औद्योगिक निवेश से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण की एक खबर है भूकंप पर जारी अलर्ट से मुख्यमंत्री भी हैरान कहा भूकंप आने की संभावना व्यक्त करना कठिन दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है ऑनलाइन भी लुभाए जाएंगे निवेशक राइजिंग हिमाचल नाम से वेबसाइट और मोबाइल ऐप तैयार

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं रिलायंस टाटा महिंद्रा के साथ नोडल अफसर लगाएगी सरकार

आयुर्वेद खरीद घपले में पूर्व निदेशक जार्चशीट कार्मिक विभाग ने भेजा था केस मुख्यमंत्री ने दी अनुमति शीर्षक से खबर को हिमाचल दस्तक ने प्रमुखता दी है

छात्रवृति घोटाले पर अमर उजाला की सुर्खी है सीबीआई ने छात्रों के लिए बयान बैंक अफसरों से पूछताछ इसी समाचार पत्र के अनुसार ब्रैकल मामले में दर्ज होगी एफआईआर प्रदेश सरकार ने विजिलेंस को दी मंजूरी हिमाचल को पैसा देगा हरियाणा पंजाब बिजली शीर्षक से दिय हिमाचल ने लिखा है कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद वीवीएमबी में मिलेगा हिमाचल का बकाया हिस्सा दैनिक भास्कर की एक खबर है सरकारी स्कूलों के बच्चों के परेंट्स को भी आएगा मैसेज मंडी से हुई शुरूआत अमर उजाला लिखता है पर्यटकों के लिए खुलेंगे तपोवन विधानसभा परिसर के द्वार इसी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा कमेटी दे सकती मंजूरी